कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में ये घोषणा की कांगड़ा संसदीय सीट से वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार के स्थान पर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर शिमला संसदीय सीट से वीरेंद्र कश्यप की जगह पच्छाद के विधायक सुरेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया गया है वहीं केन्द्रीय चुनाव समिति ने हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और मंडी से रामस्वरूप शर्मा को ही टिकट देने का फैसला लिया है इस बीच कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए लगातार मंथन कर रही है

कल्पा के सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि मतदान केंद्रों में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए व्हील चेयर और सहायक आदि की व्यवस्था की जाएगी

मुख्य सचिव बीके अग्रवाल की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया

इसके अलावा सभी उपायुक्तों को सप्ताह में दो बार कूड़े कचरे को प्रबंधन की मॉनिटरिंग करने को भी कहा गया है आज विश्व क्षय रोग दिवस है

इसका उद्देश्य इस रोग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना हैं इस वर्ष का विषय है ईट्स टाईम यानि बहुत हो गया

विश्व की एक तिहाई जनसंख्या टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में देश को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परस्पर सहयोग करने का लोगों से आहवान किया है प्रदेश विश्वविद्यालय में हिमालय जैव विविधता व जैव संसाधन उपयोग विषय पर कल से दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के प्रो वीके आहलुवालिया ने इस अवसर पर कहा कि कीट पंतगों का अपना महत्व है इनके बिना मानव जीवन खतरे में पड़ जायेगा उन्होंने किसानों की समस्याओं और उसके समाधान पर अपने विचार भी रखे

पहली उड़ान भुंतर गोंदला भुंतर दूसरी भुंतर उदयपुर भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर स्टींगरी भुंतर के बीच होगी ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने भाजपा द्वारा चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है शांता व वीरेंद्र का टिकट कटा अनुराग रामस्वरूप पर फिर दांव पंजाब केसरी लिखता है अडवानी के बाद शांता भी आउट कांगड़ा से किशन कपूर व शिमला से सुरेश कश्यप लड़ेंगे चुनाव दिव्य हिमाचल का शीर्षक कांगड़ा से कपूर शिमला से कश्यप दैनिक जागरण के शब्द हैं सुरेश किशन नए चेहरे अनुराग रामस्वरूप फिर तैयार दैनिक सवेरा टाईम्स के अनुसार महासमर को हिमाचल भाजपा के योद्वा घोषित

इसी अखबार की एक अन्य खबर है चंबा के चुराह में मकान गिरा दो साल की बच्ची समेत माता पिता की मौत भ्रष्टाचार मामले में दैनिक सवेरा टाईम्स की सुर्खी है आरटीओ नालागढ़ व एआरटीओ कालाअंब निलंबित